आज के दिन महिलाएं श्रंगार करती है और धन तथा एश्वर्य की कामना के लिए आज के दिन चन्द्रमा के भी दर्शन किये जाते है राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा में दीपोत्सव और अन्नकूट को लेकर दर्शन व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली गई है

बाडमेर में आज दीपोत्सव पर सीमा सुरक्षा बल सैक्टर मुख्यालय में दिवाली मेले का आयोजन किया जा रहा है उप महानिरीक्षक गुरूपाल सिंह ने मेले की शुरूआत की मेले मे विभिन्न वाहिनियों की ओर से स्टॉले लगाई गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर दीपावली की बधाई और शुभकामना दी

मंडल ने सार्वजनिक स्थलों और सार्वजनिक संस्थानों में ग्रीन पटाखों का उपयोग करने की सलाह दी है

जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया दीपावली वाले दिन यह नियंत्रण कक्ष चौबीसों घण्टे काम करेगा

राजस्व संबंधी शिकायतें प्राप्त होने के बाद खान और पेट्रोलियम विभाग के सचिव दिनेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई

श्री मीना कल जयपुर में नवनियुक्त जिला रसद अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्षम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे

श्रीगंगानगर में मादक पदार्थो के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रलिस ने मोबाईल और वाटस एप नम्बर जारी किया है प्रलिस अधीक्षक हेमंत शर्मा ने बताया कि इन नम्बर पर कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थो की बिकी और परिवहन की सूचना दे सकता है

सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने कल इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों की बैठक लेकर जिम्मेदारियां तय की